आज से रिम्स की सभी ओपीडी सेवाएं बंद ई ओपीडी से मरीज फोन पर ले सकेंगे सलाह

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

उन्होंने कहा कि रेलगाड़ियों के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडरों और टैंकरों की आपूर्ति शुरू करने का फैसला लिया गया है एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री गोयल ने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तेजी से आवाजाही और राज्यों को चिकित्सिकीय ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध कराने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है

श्री गोयल ने कहा कि इस कदम के जरिए अस्पतालों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की जा सकेगी

श्री गोयल ने कहा कि कोविड संक्रमण की रोकथाम में राजनीति नहीं की जानी चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए की जाने वाली हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी एचआरसीटी जांच का शुल्क तय कर दिया है

स्वास्थ्य सचिव केके सोन ने कल इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है

इस शुल्क में पीपीई किट और सैनिटाइजेशन का शुल्क भी शामिल है इसके अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता है सचिव ने कहा है कि जांच रिपोर्ट पेंडिंग होने और निगेटिव होने की स्थिति में मरीजों के खर्च को कम करने के उद्देश्य से शुल्क तय किया गया है

जबकि एक लाख तैंतीस हजार चार सौ उनासी मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार चार सौ छप्पन मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं कोरोना की रिकवरी रेट एक्यासी दशमलव नौ एक प्रतिशत है प्रदेश में अबतक चौसठ लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है केन्द्र ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा है कि आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंधों से कोविड टीकाकरण का अभियान प्रभावित नहीं होना चाहिए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिव और प्रधानसचिव तथा सचिव को लिखे पत्र में सलाह दी है कि कोविड टीकाकरण की सेवाएं कोविड कर्फ्यू लॉकडाउन और आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंधों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए डॉक्टर अगनानी ने कहा कि कोविड टीकाकरण केन्द्र वाले अस्पतालों में यह टीकाकरण का अभियान निर्बाध रूप से जारी रहना चाहिए टीकाकरण के केन्द्र अलग भवन या अलग स्थान पर होने चाहिए इससे टीका लगवाने वाले लोग संक्रमण से भी बचे रहेंगे

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केंद्र सरकार इस दवा की सस्ती दर पर उपलब्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है रेमडेसिविर को गंभीर कोरोना रोगियों के बेहतर इलाज में प्रभावी पाया गया है

इससे इस दवा की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन डेढ लाख वॉयल्स बढ़ जाएगी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गोड़डा को पत्र लिख कर बांग्लादेश से रेमडेसिविर इंजेक्शन आयात करने की अनुमति मांगी है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रामगढ़ जिले के उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम संचालकों के साथ आपात बैठक की इस दौरान उन्होंने सभी संचालकों को कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी

सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र में कोरोना संक्रमण काफी तेजी गति से फैल रहा है

जिला मुख्यालय सरायकेला में दोपहर दो बजे के बाद दुकान बंद करने के संबंध में चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर स्थानीय दुकानदारों ने असहमति जतायी है कोरोना संक्रमण को देखते हुए चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सभी स्थानीय दुकानदारों से इस प्रस्ताव पर सहमति मांगी थी चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव मनोज कुमार चौधरी ने बताया कि होटल इलेक्ट्रॉनिक दुकान और कपड़ा दुकानदार इस पर सहमत नहीं हुए हैं इस कारण चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा लिए गए प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रिम्स में आज से ओपीडी सेवा बंद रहेगी प्रबंधन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है अब ओपीडी कार्य में लगे डॉक्टर और स्टाफ को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में लगाया जाएगा ओपीडी की जगह सिर्फ इमरजेंसी मरीजों के लिए सेंट्रल इमरजेंसी में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा वहीं ई ओपीडी का संचालन बेहतर ढंग से किए जाने का निर्णय लिया गया है

गोडडा अनुमंडल अधिकारी ऋतुराज की देख रेख में कझिया नदी के किनारे मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया इधर पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने सीएचसी कार्यालय में चिकित्सकों और चिकित्साकर्मियों के साथ बैठक की इस दौरान उन्होंने प्रभावित गांवो को सैनिटाइज करने का भी निर्देश दिया

उन्होंने कहा कि इससे कुछ राज्यों में बिस्तरों की कमी की समस्या दूर की जा सकेगी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष अप्रैल में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है

आईपीएल क्रिकेट में कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को छह विकेट से हरा दिया

आज मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण और इससे बचाव के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है

कोरोना से जंग को सरकार की ऑक्सीजन इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर अगले आदेश तक प्रतिबंध की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है